प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप्स विकसित करने के लिये आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया है स्टार्ट अप और तकनीकी क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा भारतीय ऐप निर्माताओं और नवाचारियों को प्रोत्साहित करने के लिये यह शुरूआत की गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय ऐप्स में अपनी अपनी श्रेणियों में विश्व स्तरीय बनने की क्षमता है उन्होंने लोगों और प्रौद्योगिकी से जुड़े समुदाय से आत्मनिर्भर भारत नवाचार चुनौती में भाग लेने का आग्रह किया यह चुनौती दो स्तरों पर आयोजित होगी मौजूदा ऐप्लिकेशन्स का संवर्धन और नये ऐप्लिकेशन्स का विकास श्री मोदी ने लिंक्ड इन पर एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग वर्क फ्रॉम होम गेमिंग बिजनेस मनोरंजन कार्यालय संबंधी कार्य और सोशल नेटवर्किंग के लिये मौजूदा ऐप्स को बढ़ावा देने और नये ऐप्स विकसित करने के लिये सरकार आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी उन्होंने कहा कि भारत और विश्व के अनेक मुद्दों के समाधान के लिये नये ऐप्लिकेशन्स विकसित किये जाने की असीम संभावना है भारत के पास प्रौद्योगिकी और स्टार्ट अप के अनुकूल पारिस्थितिकीय तंत्र है और इनके लिये भारतीय बाजारों में भी अपार क्षमता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामुदायिक आधार पर जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया है

श्री मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देश में कृषि अनुसंधान विस्तार और शिक्षा की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने निर्देश दिया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट अप और कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए श्री मोदी ने किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार सूचना उपलब्ध कराने में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व की चर्चा की

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके ही जीवसृष्टि को संरक्षित किया जा सकता है जनसहभागिता के माध्यम से ही वृक्षारोपण जैसे वृहद कार्यकम को सफल बनाया जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए संकल्पित है

केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्रीकांत शर्मा ने मेरठ में और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ म वृक्षारोपण करके कार्यक्रम की शुरूआत की

डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिकापाल ने बताया कि जिले में बृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया गया

लोगों की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हर आंगनवाड़ी केन्द्रों में और प्राइमरी स्कूलों में दो दो पेड़ सहजन के मुफ्त दिये जायेंगे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

मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या के मामले में महाराष्ट्र चोटी पर है उसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु का स्थान है

अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है

देशभर में आज गुरू पूर्णिमा मनाई जा रही है इस अवसर पर शिष्य अपने गुरूजनों के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि आज गुरुजनों के प्रति सम्मान दिखाने का विशेष दिन है जिन्होंने जीवन को सार्थक बनाया है

प्रदेश में भी गुरू पूर्णिमा का पर्व श्रद्वा आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदेशवासियों को गुरूपूर्णिमा पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी

कोरोना महामारी के चलते इस बार कोई सार्वजानिक कार्यकम का आयोजन नहीं किया गया लोगों ने घरों में ही रहकर गुरू पूजन किया वाराणसी सारनाथ और कुशीनगर में मठों और आश्रमों के बाहर सन्नाटा पसरा रहा आश्रमों का मुख्य द्वार बंद रहा मथुरा में मुड़िया शोभा यात्रा गोवर्धनधाम में निकाली गयी कई स्थानों पर गुरूओं ने डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण कर प्रवचन सत्र और सतसंग किया भक्तों ने मोबाइल और लैपटॉप पर अपने गुरू का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया सेना के मध्य कमान द्वारा सेना की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों और गैरविधिक निर्माण को हटाये जाने का काम लगातार किया जा रहा है लखनऊ कैन्टोनमेंट बोर्ड के रक्षा स सम्पदा अधिकारी अभिषेकमणि त्रिपाठी ने आकाशवाणी को बताया कि सेना की जमीनों पर अतिकमण हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया

इसके अलावा कुछ लीगल केसेज चल रहे हैं उनमें जब जब फैसला आता है हमारे फेवर में आता है तब तक कार्रवाई की जाती है

अब आपके इलाके में हम लोगों ने काफी अभियान चला करके गरीबों को समय समय पर चूंकि हम लोकतंत्र में निवास कर रहे तो विधिक प्रकिया अपनाना बहुत जरूरी है किसी के साथ अन्याय न हो जाये गलत न हो जाये और उनको अपना करके पूरी ऐहतियात बरत करके समय समय पर कार्रवाई की जाती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर के बखरवा गांव में मोमबत्ती के कारखाने में आग लगने की घटना में लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ प्रलिस अधीक्षक को घायलों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिये है उन्होंने घटनास्थल की जांच कर रिपोर्ट प्रस्त्रत करने के भी निर्देश दिये हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक मृतक के परिवार को तत्काल चार लाख रुपये की राहत राशि जारी करने का निर्देश दिया है